मतदान प्रक्रिया प्ररी होने के तुरंत बाद मतगणना की जा रही है और देर रात तक प्रधान उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के नतीजे आने की उम्मीद है

चुनाव में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक भागीदारी दर्ज की गई

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केन्द्रों को सैनेटाईज करने सहित मतदान के दौरान मास्क पहनने व सामाजिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित किया गया इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दी गई

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मण्डी ज़िले में अपनी गृह पंचायत मुरहाग के कुरानी में बने मतदान केन्द्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया मतदान के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने पहले चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर अच्छे उम्मीदवारों का चयन करें

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने समीरपुर जबकि शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू ज़िले की नसोगी पंचायत के कन्याल बूथ में वोट डाला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कुमारसैन तहसील के मधावानी में मतदान किया मतदान प्रदेशभर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए हर आयू वर्ग के मतदाताओं में उत्साह देखा गया विभिन्न मतदान केन्द्रों पर सौ वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लिया देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी ने किन्नौर ज़िले में कल्पा मतदान केन्द्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया उनके सम्मान में रैड कारपेट बिछाया गया और उपायुक्त हेमराज बैरवा ने किन्नौरी टोपी पहना कर उनका स्वागत किया इस अवसर पर श्याम सरन नेगी ने युवाओं से समय समय पर होने वाले लोकसभा विधानसभा और पंचायत चुनावों में अनिवार्य रूप से मतदान करने का आग्रह किया

लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को एसएमएस में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं फिल्म महोत्सव दिग्गज अभिनेता और निर्देशक बिस्वजीत चटर्जी को गोवा में आयोजित किए जा रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस महोत्सव के उदघाटन समारोह के अवसर पर पुरस्कार की घोषणा की बिस्वजीत चटर्जी को ये पुरस्कार आगामी मार्च में राष्ट्रीय फिल्म प्रस्कार प्रदान किए जाने के मौके पर दिया जाएगा

केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का नई दिल्ली से शुभारम्भ करेंगे इधर राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता समारोह शिमला के रिज मैदान पर आयोजित किया जाएगा इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और परिवहन मंत्री बिक्रम ठाक्र मौजूद रहेंगे सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना और सड़क द्र्घटनाओं में कमी लाना है वैक्सीन प्रदेश के अन्य ज़िलों की तर्ज़ पर ऊना ज़िले में भी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है ज़िले में वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद हल्का बुखार या बाजू में दर्द सामान्य बात है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है

वैश्विक कोरोना महामारी के चलते इस बार ये उत्सव ऑनलाइन करवाया जा रहा है ऊना ज़िला परियोजना अधिकारी देवेन्द्र चौहान ने बताया कि इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी नौ प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में अपने हुनर का प्रदर्शन स्टूडियो सेंटरों में कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल्लू शिमला सोलन चम्बा बिलासपुर और ऊना में स्टूडियो सेंटर स्थापित किए गए हैं